दूसरे और तीसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा

पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी

संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख चौदह हजार नौ सौ छियालीस हो गयी है बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उनके स्थान रचना पाटिल को मूंगेर की नया जिलाधिकारी और मानवजीत सिंह ढिल्लो को पुलिस अधीक्षक बनाया गया है आयोग ने मुंगेर के पूरे घटनाक्रम की जांच मगध प्रमंडल के आयुक्त असंगवा चुबा आओ को सौंप दी है उन्हें सात दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिये गये हैं पिछले दिनों दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत के बाद मुंगेर में स्थिति अशांत बनी हुई है इधर नये जिलाधिकारी रचना पाटिल और पुलिस अधीक्षक एमएस ढिल्लो ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था भी मुंगेर की स्थिति पर नजर रखने के लिये पहुंच गये हैं इसी घटना को लेकर आज विरोध कर रहे उग्र लोगों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गयी इस दौरान असामाजिक तत्वों ने कोतवाली थाना पूरबासराय और वासुदेवपुर पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय और अन्मंडल पदाधिकारी के आवास पर भी पथराव कर दिया कल मुंगेर शहरी क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सम्पन्न कराया गया था इधर मुंगेर रेंज के प्रलिस उप महानिरीक्षक मन् महाराज ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मुफस्सिल थाना और वासुदेवपुर चौकी के प्रभारियों को हटा दिया है पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई चुनाव आयोग की ओर से जारी संशोधित आंकड़ो के अनुसार कल इकहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में कुल पचपन दशमलव छह नौ प्रतिशत वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया सबसे अधिक मतदान नक्सल प्रभावित जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र में हुआ है यहां लगभग छियासठ प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि सबसे कम मतदान मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ यहां मतदान प्रतिशत छियालीस दशमलव तीन नौ रहा विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है द्रसरे चरण में चौरानवे विधानसभा सीटों पर तीन नवम्बर को जबकि तीसरे चरण के लिए अठहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में सात नवम्बर को मतदान होगा सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं और रैलियां कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिकटा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जब से जनता की सेवा करने का मौका मिला है तब से वे लगातार बिहार के विकास के कार्यों में जुटे हुए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है

श्री योगी ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने वामपंथी पार्टियों से हाथ मिलाकर प्रदेश में नक्सलवाद को मजब्रत करने की साजिश की है

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मोतिहारी में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि राज्य सरकार के विकास के कार्यों को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य की एनडीए सरकार मिलजुल कर जनता का काम कर रही है भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि यह चूनाव विनाश और विकास के बीच है जनता विकास का चूनाव करेगी उधर राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने उजियारपुर और मधुबनी में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि महागठबंधन की सरकार आयेगी तो दस लाख युवाओं को रोजगार दिया जायेगा उन्होंने राज्य सरकार को सभी मोर्चो पर विफल बताया

उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति के लिये जनता महागठबंधन को चुनेगी कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद ने कहा है कि बिहार में अफसरशाही हावी हो गया है इसे खत्म किये जाने की जरूरत है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मधुबनी और दरभंगा में कहा कि सात निश्चय योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है प्रदेश में लोजपा की सरकार बनती है तो इस योजना के कार्यों की जांच की जायेगी रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि राज्य में उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जायेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा है कि राज्य की जनता सत्ता परिवर्तन के लिये प्रतिबद्ध है श्री राजा ने उम्मीद जतायी कि इस बार जनता महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका देगी जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सीवान और सारण जिले में आयोजित चुनावी सभाओं में राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने दल विरोधी गतिविधियों के कारण पांच नेताओं को छह साल के लिये पार्टी से निष्कासित कर दिया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि राकेश कुमार सिंह अजीत कुमार सिंह रेणु कुमारी चंद्रशेखर सिंह समेत पांच को एनडीए के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है राज्य में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अब तक चार सौ तेईस लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है इसी क्रम में आज बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के तीन उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक एक हजार दो सौ छियासी अवैध शस्त्रों की जब्ती हुई है जबकि दो हजार नौ सौ छियानवे शस्त्रों का लाईसेंस रद्द किया गया है और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष श्रंखला के तहत एक रिपोर्ट

मौजुदा विधायक राजेंद्र कुमार के स्थान पर यहां से राष्ट्रीय जनता दल ने कुमार नागेंद्र बिहारी को प्रत्याशी बनाया है माजपा ने यहां से पूर्व विधायक कु ष्णनंदन पासवान को उतारा है बड़ी संख्या में बागी उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से इस चरण में कई सीटों पर पार्टियों के जीत हार के समीकरणों पर असर पड सकता है सहकारिता मंत्री राणा रणधीर फिर से मध्यबन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं वही जदयू के पूर्व विधायक शिवजी राय जन अधिकार पार्टी से एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं

मौजूदा विधायक लोक जनशक्ति पार्टी के राजू तिवारी फिर से उम्मीदवार है तो भाजपा ने सुनील मणि तिवारी को मौका दिया है महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने ब्रजेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है केसरिया विधान सभा क्षेत्र भी बागी प्रत्याशियों की चुनौती से अछूता नहीं है यहां गठबंधनों में दोस्ताना मुकाबला भी देखने को मिल रहा है कमी लोक जनशक्ति पार्टी में रहे महेश्वर सिंह अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्लर फ्रंट की घटक बहुजन समाज पार्टी ने यहां से अपने सहयोगी रालोसपा के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने संतोष कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है जबकि शालिनी मिश्रा जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी हैं पिपरा में पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा तो एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय ही उतर गये हैं भाजपी ने यहां से श्यामबाबू प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया है ै महागठबंधन ने यह सीट सीपीआई माले को दे दी है जिसके चलते राजमंगल प्रसाद चुनावी मैदोन में हैं कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह फिर भाजपा के प्रत्याशी हैं आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार अब जानते हैं वैशाली जिले के राघोपुर विधान सभा क्षेत्र में कैसा है चुनावी परिदृश्य साउंड बाइट महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव दोबारा इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं इकतीस साल के तेजस्वी इस चुनाव में कांग्रेस और राजद के अलावा तीन वाम दलों के गठबंधन का भी नेतृत्व कर रहे हैं

इस बार फिर उनका मुकाबला सतीश क्मार के साथ ही है

तीन बार तो पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी ही इस क्षेत्र से विधायक रही हैं चुनाव के दूसरे चरण में तीन नवंबर को तीन लाख तैंतालिस हजार से अधिक मतदाता इस बार राघोपुर से अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे

कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक अरूण कुमार की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गयी उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पटना स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था उधर पिछले चौबीस घंटों में सात सौ तिरासी नये कोरोना मरीज मिलने के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख चौदह हजार नौ सौ छियालीस हो गयी है आज पटना में सबसे अधिक दो सौ पैंसठ नये मरीजों की पहचान हुई स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या आठ हजार चार सौ चौरासी है

दूसरे और तीसरे चरण के लिये चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा

पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी

संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख चौदह हजार नौ सौ छियालीस हो गयी है